वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आय्ष चिकित्सकों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आय्ष का नेटवर्क देशभर में मौजूद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अन्सार वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करना आवश्यक है श्री मोदी ने तनाव कम करने और शरीर को सशक्त बनाये रखने के लिए हैशटैग योगा एट होम को बढ़ावा देने में आय्ष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आय्ष के पास इलाज होने संबंधी अप्ष्ट दावों पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि आयुष के वैज्ञानिकों भारतीय आयुर्विज्ञान अन्संधान परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अन्संधान परिषद और अन्य अन्संधान संगठनों को मिलकर साक्ष्य आधारित अनुसंधान करना चाहिए प्रधानमंत्री ने स्झाव दिया कि आयुष दवा निर्माताओं को अपने संसाधनों का उपयोग सेनिटाइजर सहित ऐसी अन्य जरूरी सामग्री के निर्माण के लिए करना चाहिए जिनकी इस समय ज्यादा मांग है

श्री मोदी ने इससे निपटने के लिए परस्पर स्रक्षित द्री बनाये रखने के महत्व पर भी जोर दिया शिवराज मदद म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में लॉक डाउन के दौरान जमीनी स्तर पर की गई तैयारियों का जायजा लिया श्री चौहान कई इलाकों में गए और लोगों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों प्लिस कर्मियों और नगर निगम कर्मियों से बात की म्ख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रह रहे विद्यार्थियों और मजदूरों से कहा है कि वे भी चिन्ता न करें

म्ख्यमंत्री ने इन राज्यों से समन्वय की जिम्मेदारी दो अधिकारियों को दी है

प्रदेश के किसानों से कहा है कि कोरोना संकट के साथ ही इन दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हए न्कसान से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ हैं श्री चौहान ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों की हरसंभव मदद करेगी प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच भोपाल से एक अच्छी खबर है जहां तीनों कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थिति में लगातार स्धार हो रहा है

उधर शासन की ओर से उन खबरों का भी खंडन किया गया है जिनमें एक अप्रैल से घरों के बाहर ताले डाले जाने की अफवाहें फैलाई जा रही थी आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि संक्रमण से उत्पन्न संकट के हालात में सोशल मीडिया पर झूठी खबर और अफवाह फैलाकर लोगों में इस तरह तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस बीच राज्य में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में एक कॉल पर रसोई गैस की होम डिलेवरी की स्विधा श्रू कर दी गई है जिससे लोगों को जरूरी सामान के लिए भी घर से बाहर ना निकलना पड़े उधर अनूपप्र जिले में बाहर से आए लोगों की मदद के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल स्थापित किया गया है

शिवप्री से भी सैकड़ों मजदूर ग्जरे जो ग्जरात और उत्तरप्रदेश से आ रहे थे सीधी नगर पालिका क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल परिसर में निश्ल्क भोजन की व्यवस्था की गई है उमरिया में समाजसेवियों द्वारा जरूरतमंदों को राशन बांटा गया टीकमगढ़ में राशन रथ दवारा घर घर खादयान्न पहंचाने की व्यवस्था की गई है बैतूल जिले में कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने म्ख्यालय में रहने के निर्देश दिए हैं इंदौर में संभाग आय्क्त आकाश त्रिपाठी और आईजी विवेक शर्मा ने शहर का दौरा कर लॉकडाउन स्थिति का जायजा लिया सतना जिले मैहर में शिक्षकों ने लोगों को मास्क बांटकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की

इसके साथ ही ई टिकटों के मामले में रद्द कराए गए टिकट की बकाया राशि यात्री के खाते में वापस कर दी जाएगी

इसका आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के त्रंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा जिसे रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में दोबारा स्ना जा सकता है डीजीपी अपील प्लिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने सभी प्लिस कर्मियों से अपील की है की लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराएं साथ ही इस दौरान अन्य विभागों के कर्मचारियों को हो रही अस्विधा का भी ध्यान भी रखें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

कोरोना मास्क कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मास्क काफी कारगर साबित हो रहा है लेकिन ये कालाबाजारी की वजह से कई जगहों पर काफी महंगे दामों पर मिल रहा है ऐसे में खंडवा जिले के महिला स्वसहायता समूहों ने मास्क तैयार करने का बीड़ा उठाया है

वे लोकेश क्मार जाटव का स्थान लेंगे